मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राज्य में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को सील करने के अधिकारियों को दिए निर्देश सोलन जिले के नालागढ़ नागरिक अस्पताल में प्रो टाईप मानव निस्संक्रामक टनल प्रायोगिक आधार पर शुरू और प्रदेश में एक्टिव केस फांईडिंग अभियान के तहत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति किया जा रहा है जागरूक मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार हाईड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं के सुचारू उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में फार्मा कम्पनियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की उन्होंने कहा कि फार्मा कम्पनियों के कर्मचारियों के आवागमन सहित कच्चे माल व दवाओं की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाओं की दुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे

दवा कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज शिमला से प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की उन्होंने अधिकारियों को राज्य में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को सील करने के निर्देश दिए ताकि ये वायरस आगे न फैल सकें जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में ऐसे हॉटस्पॉट कांगड़ा चंबा सिरमौर सोलन और ऊना जिलों में हैं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए

साक्षात्कार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है

यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दूरदर्शन के साथ साक्षात्कार के दौरान कही इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदामों की भी जानकारी दी

भारद्वाज शिमला जिले में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियों की सैनेटाईजेशन और यहां प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल जांच शोधी चैकपोस्ट पर की जा रही है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शोधी जांच बैरियर में वाहनों की सैनिटाईजेशन का निरीक्षण किया

इस दौरान उपायुक्त अमित कश्यप भी मौजूद रहे

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कहलूर लोक निर्माण विश्राम गृह और जेएनवी कोठीपुरा सहित पांच क्वारंटाईन केंद्रों का निरीक्षण किया और इन केंद्रों में ठहराए गए लोगों से बातचीत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में आम लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा जिले में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में किए जा रहे कार्यो की आज समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिले के सील किए गए इलाकों में राशन की होम डिलिवरी की जाएगी हंसराज ने सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों का आभार भी जताया प्रो टाईप टनल सोलन जिले में नालागढ़ स्थित नागरिक अस्पताल में आज से प्रयोगात्मक आधार पर प्रो टाईप मानव निस्संक्रामक यानि हयूमन डिसइन्फैक्टैंट टनल को शुरू किया गया है ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव और उपचार के कार्य में लगे चिकित्सकों स्टाफ नर्सों और पैरामैडिकल कर्मियों की सुरक्षा के मददेनजर इस सुरंग को आरम्भ किया गया है उन्होंने कहा कि प्रो टाईप सुरंग की कार्य प्रणाली को चिकित्सकों द्वारा भी जांचा जाएगा और ये उन व्यक्तियों के लिए एक बेहतर सुरक्षा क्वच का कार्य करेगी जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आते हैं ललित जैन ने कहा कि सुरंग में आने जाने पर स्वास्थ्य कर्मी स्वतः ही कीटाणु मुक्त हो जाएंगे एक्टिव केस सोलन जिले में एक्टिव केस फाइडिंग अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर कोरोना वायरस से बचाव बारे जागरूक किया जा रहा है

डॉक्टर उप्पल ने लोगों से विभाग की टीमों को सहयोग देने की अपील की है ताकि जिले में कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सके उधर जनजातीय जिला किन्नौर में इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं

पुलिस प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर लगाई गए कफ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है

डीसी कुल्लु कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में किसानों व बागवानों को फसल कटाई व बिजाई का कार्य करने के लिए छूट दी गई है कुल्लू में आज कृषि व बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि भुंतर व कुल्लू स्थित सब्जी मंडियों में मटर सहित अन्य सब्जियों की आमद शुरू हो गई है उपायुक्त ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद स्थानीय मंडियों तक पहुंचाने के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा वाहनों के लिए वाट्सएप्प के माध्यम से ऑनलाईन अनुमति दी जा रही है

कॉलेज की एसोसिएट एनसीसी अधिकारी स्मृति ठाकुर ने बताया कि ये कैडेटस प्रतिदिन पुलिस के साथ अपनी सेवाएं देंगे उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इन सभी कैडेटस को मास्क गल्बस और सैनिटाईजर मुहैया करवाएं हैं ताकि ड्यूटी के दौरान वे स्वयं भी सुरक्षित रह सकें

उपायुक्त आरके परूथी ने इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि लोगों को जरूरी वस्तुओं के लिए संबंधित पंचायत प्रधान उपप्रधान सचिव पटवारी या स्वयं सेवक सूचित करना होगा उपायुक्त ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है परूथी ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए लोगों और इसकी यात्रा के स्थानों की पहचान कर ली गई है

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने शहीद सैनिक लगन चंद को श्रद्वांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया

गोविंद ठाकुर ने शहीद की अंतिम यात्रा में भी भाग लिया